किसान उत्पादक संगठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल उत्तरप्रदेश के चित्रकूट से देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ करेंगे इन संगठनों से लघ् छोटे और भूमिहीन किसानों को एकजुट करने में मदद मिलेगी ताकि वे प्रौद्याोगिकी उत्कृष्ट बीज उर्वरकों और कीटनाशकों सहित अपेक्षित वित्तीय साधनों की कमी जैसे मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सकें आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसान उत्पादन संगठन किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लायेंगे श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे

सीएम इंदौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश को दवा उत्पादन का गढ़ बनाया जायेगा इसके लिये उन्होंने औद्योगिक संस्थानों से आव्हान किया है कि वे मध्यप्रदेश आएं रिसर्च करें और फॉर्मास्युटिकल औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना करें उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में इसके लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्य है मुख्यमंत्री आज इंदौर में पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे पर्वतारोही सीहोर की जानी मानी पर्वतारोही मेघा परमार आस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट कोशियासको को फ़तह करने भारत से रवाना हो गई हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर मेघा अपने साथ अभियान के झंडे को भी लेकर गई हैं

पहले आज पंजीयन का अंतिम दिन था

इसमें खरगोन के अलावा धार खंडवा बुरहानपुर और बड़वानी जिले के भी हजारो किसान भागीदारी करेंगे और मिर्च के स्टाल लगा कर निवेशको को लुभाएंगे इस अवसर पर मिर्च आधारित व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि इस महोत्सव का उद्देश्य निमाड़ी मिर्च की ब्रान्डिंग करना भी है में मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ और मालवा क्षेत्र में ही होता हैं

इन क्षेत्रों की लाल मिर्च चीन पाकिस्तान मलेशिया और साउदी अरब तक निर्यात की जाती है ताप्ति महोत्सव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि बैतूल जिले के मुलताई को सांस्कृ तिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जायेगा श्री पांसे मुलताई में ताप्ति महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महोत्सव से सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी महोत्सव के दूसरे दिन आज बॉलीवुड गायिका ऋचा शर्मा साथियों के साथ प्रस्तुति देंगीं एक भारत श्रेष्ठ भारत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आज अंतिम दिन है इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोना है

प्रदर्शनी में खाद्य मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर भी पहुंचे उधर छतरपुर में क्षेत्र लोक सम्पर्क ब्यूरो की इकाई द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई यहां जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत सही मायनों में एक और श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और ईमानदारी से उनका निर्वाह करे

जिसमें नागालैण्ड विश्वविद्यालय के छात्र शामिल होंगे

गुना सांसद डॉ केपी यादव ने आज अशोकनगर जिले के ओला प्रभावित गांव का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया

कटनी में कल से अखिल भारतीय गणतंत्र दिवस स्वर्ण जयंती हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई